केरल बाढ़ पीड़ित सहायता केरल के बाढ़ पीड़ितों के लिए छत्तीसगढ़ सरकार लगभग दस करोड़ रूपये की सहायता राशि उपलब्ध कराएगी इनमें एक रैक चावल भी शामिल है मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की अध्यक्षता में आज रायपूर में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में केरल के बाढ़ पीड़ितों की मदद को लेकर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई बैठक में केरल के बाढ़ पीड़ितों को राज्य सरकार की ओर से हरसंभव मदद पहुंचाने का निर्णय लिया गया मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने केरल के मुख्यमंत्री पी विजयनन से टेलीफोन पर बाढ़ की स्थिति को लेकर चर्चा की डॉक्टर सिंह ने केरल सरकार को आश्वस्त किया कि प्राकृतिक आपदा की इस घड़ी में छत्तीसगढ़ सरकार उनके साथ खड़ी है मुख्यमंत्री ने कहा है कि केरल सरकार की सहमति मिलने पर छत्तीसगढ़ सरकार डॉक्टरों और स्वयं सेवकों की टीम भी भेजने के लिए तैयार है इस बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहल गांधी ने फैसला किया है कि पार्टी के सभी सांसद विधायक और विधान परिषद सदस्य एक महीने का वेतन केरल के बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए देंगे

साईस कॉलेज परिसर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने स्वर्गीय वाजपेयी जी को याद करते हुए कहा कि अटल जी ने हमें सफलता का मूल मंत्र दिया अटल जी ने छत्तीसगढ़ सहित तीन नए राज्य का निर्माण किया इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष धरमलाल कौशिक ने भी स्वर्गीय वाजपेयी के पार्टी और देश को दिए गए योगदानों को याद किया शोक सभा में राज्य सरकार के कई मंत्री भाजपा के पदाधिकारी और अन्य गणमान्य नागरिक शामिल हुए इस मौके पर स्वर्गीय वाजपेयी के छत्तीसगढ़ प्रवास से जुड़ी उनकी स्मृतियों पर केंद्रित छायाचित्रों की प्रदर्शनी भी लगाई गई

राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभाग प्रमुखों संभागीय कमिश्नरों कलेक्टरों और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को परिपत्र जारी कर दलित शब्द के उपयोग रोकने के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने कहा है ग्राम सभा ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं में आम जनता की भागीदारी के लिए प्रदेश के लगभग बीस हजार गांवों में आगामी बीस अगस्त से ग्राम सभाओं का सिलसिला शुरू होगा इस संबंध में पंचायत संचालनालय ने परिपत्र जारी कर दिया है परिपत्र में कहा गया है कि प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत के हर गांव में ग्राम सभा की बैठक होगी इसके लिए जनपद पंचायतों के स्तर पर समय सारिणी निर्धारित की जाएगी ग्राम सभा में स्वच्छ भारत मिशन और पेंशन योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण होगा तथा इन योजनाओं के हितग्राहियों का सत्यापन किया जाएगा इसके अलावा बाजार कांजी हाउस आदि की भी समीक्षा होगी तेंद्पत्ता बोनस प्रदेश में तेन्द्रपत्ता संग्रहण करने वाले ग्रामीण परिवारों को वर्ष दो हजार सत्रह के संग्रहण कार्य पर सात सौ सैंतालीस करोड़ रूपए का बोनस दिया जाएगा राज्य सरकार द्वारा बोनस का वितरण इसी माह शुरू करने की तैयारी की जा रही है वन मंत्री महेश गागड़ा ने बताया कि राज्य के तेरह लाख ग्रामीण परिवारों को पिछले दो वर्षो में संग्रहण कार्य के लिए आठ सौ तिरासी करोड़ रूपए की मजदूरी दी जा चुकी है इन संग्राहक परिवारों में लगभग बत्तीस लाख सदस्य हैं जिन्हें इसका लाभ मिला है ये सदस्य प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के माध्यम से तेन्द्रपत्ता सहित साल बीज इमली हर्रा चिरौंजी गुठली लाख और महुआ बीज के भी संग्रहण से जुड़े हुए हैं श्री गागड़ा ने बताया कि वर्ष दो हजार सोलह में तेन्द्रपत्ता संग्रहण की मजदूरी की राशि डेढ़ हजार रूपए प्रति मानक बोरा थी जिसे इस वर्ष बढ़ाकर ढाई हजार रूपए किया गया है तेन्द्रपत्ता संग्राहकों को पारिश्रमिक के अलावा बोनस भी दिया जा रहा है उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने इस वर्ष एक मार्च से तेन्द्रपत्ता संग्राहक परिवारों के मुखिया की बीमा पॉलिसी में परिवर्तन किया है अब इन्हें प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में शामिल कर लिया गया है इस योजना में संग्राहक परिवार के मुखिया की मृत्यु होने पर दो लाख रूपए और दुर्घटना जनित मृत्यु होने पर अतिरिक्त दो लाख रूपए की सहायता दिवंगत के परिवार को देने का प्रावधान किया गया है जिले की चिट़ठी श्रोताओं आकाशवाणी समाचार द्वारा कल सुबह नौ बजे जिले की चिट्ठी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा जिले की चिट्ठी का यह कार्यक्रम आकाशवाणी केंद्र रायपुर द्वारा प्रसारित किया जाएगा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 इस बार के अंक में महासमुंद जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर फोटोयुक्त मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य किया जा रहा है अब शनिवार और रविवार को भी मतदाता सूचियों में नाम जोड़ने और सुधारने के लिए मतदान केंद्रों में आवेदन स्वीकार किए जाएंगे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार सभी मतदान केंद्रों में अभिहित अधिकारी बीएलओ की अतिरिक्त ड्यूटी लगाई गई है इस दौरान मतदाता सूची में नाम जुड़वाने संशोधन और सूची से नाम विलोपित करवाने के लिए आवेदन किए जा सकेंगे पर्यावरण मंजूरी प्राधिकरण छत्तीसगढ़ में विभिन्न निर्माण परियोजनाओं को पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान करने के लिए राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण एसईआईएए और विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति एस ईएसी का गठन कर दिया गया है इसके तहत राज्य सरकार प्राधिकरण और मूल्यांकन समिति के सचिवालय के रूप में कार्य करने के लिए एक अभिकरण अधिसूचित करेगी केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना के मुताबिक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा प्राधिकरण और मूल्यांकन समिति के सचिवालय के लिए अलग से व्यवस्था भी की जाएगी मेगा ब्लॉक रायपुर रेलमंडल के दुर्ग भिलाई और उरकुरा सरोना स्टेशनों के बीच मरम्मत कार्य के चलते आगामी बीस और इक्कीस अगस्त को कई ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित रहेगी मेगा ब्लॉक के कारण कुछ गाड़ियों को गंतव्य से पहले ही समाप्त किया जाएगा बीस अगस्त को रायपुर से छूटने वाली बिलासपुर गेवरा रोड पैसेंजर गेवरा रोड इतवारी एक्सप्रेस और रायपुर दुर्ग रायपुर ट्रेन प्रभावित रहेगी इसी तरह बरौनी गॉदिया एक्सप्रेस को उसलापुर पहुंचने पर समाप्त कर दिया जाएगा कुछ ट्रेनों का शेडयूल भी बदला गया है वहीं इक्कीस अगस्त को नांदेड़ संतरागाछी एक्सप्रेस को तीस मिनट कंट्रोल किया जाएगा और इसे दुर्ग रायपुर के बीच पैसेंजर बनाकर चलाया जाएगा इतवारी बिलासपुर एक्सप्रेस का संचालन इक्कीस अगस्त को दर्ग भिलाई के बीच पैसेंजर के रूप में किया जाएगा उधर दुर्ग से चलने वाली चार गाड़ियों को सितंबर से बिलासपुर के स्थान पर दाधापुर से सीधे उसलापुर होते हुए चलाया जाएगा इससे बिलासपुर स्टेशन में यात्रियों का दबाव कम होने की उम्मीद की जा रही है रेलवे बोर्ड ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं कॉलेज प्रवेश बारहवीं की पूरक परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थी कॉलेजों में आगामी बीस अगस्त तक प्रवेश ले सकेंगे उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक माध्यमिक शिक्षा मंडल की पूरक परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थी कॉलेजों में प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं आवेदन पत्रों को उच्च शिक्षा विभाग के आयुक्त को भेजा जाएगा शासन से अनुमति मिलने पर विद्यार्थियों को बीस अगस्त तक प्रवेश दिया जा सकेगा मुख्यमंत्री अपील मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने सभी लोगों से वाहन चलाते समय यातायात नियमों का पालन करने और नियंत्रित गति से वाहन चलाने की अपील की है डॉक्टर सिंह ने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति का जीवन अनमोल है इसे ध्यान में रखकर पूरी सावधानी के साथ वाहन चलाना चाहिए मुख्यमंत्री ने नया रायपुर में कल मोटरसाइकिल सवार तीन इंजीनियरिंग छात्रों की मृत्यु को अत्यंत हृदय विदारक बताते हुए उनके परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट की है

स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी अलग अलग आदेशो के मुताबिक राजनादगांव जिले के छुईखदान के ग्राम खपरी सिरदार की शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला का नामकरण स्वामी विवेकानंद और ग्राम जंगलपुर की शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला का नामकरण वीरांगना अवंती बाई के नाम पर किया गया है इसी तरह बलौदाबाजार भाटापारा जिले के पलारी स्थित शासकीय प्राथमिक शाला का नामकरण वीर शहीद यूगलकिशोर वर्मा तथा विकासखंड बिलाईगढ़ के ग्राम बम्हणपुरी स्थित शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल का नामकरण शहीद नंदकुमार साहू के नाम पर करने की घोषणा की गई है

महासमुंद जिले में तुमगांव थाना क्षेत्र के ग्राम कोहरी के पास हुई सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई